मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अव्यक्षता में आज हयी मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें विश्वविद्यालय के शिक्षकों और उनके सहायक कैडर के लिये लागू की गयी हैं नया वेतनमान राज्य सरकार के अधीन कृषि तकनीकी और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये भी शीघ्र ही लागू किया जाएगा राज्य सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि नया वेतन मान एक जनवरी दो हजार सोलह से लागू किया जायेगा बच्चों को उल्टी दस्त डायरिया से बचाने वाले रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल कर लिया गया है महिला बाल एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ में आज बच्चों को डायरिया से बचाने वाले इस रोटा वायरस वैक्सीन का शुभारम्भ किया इस अवसर पर आयोजित कार्येक्रम में श्रीमती जोशी ने बताया कि रोटा वायरस बच्चों में उल्टी और दस्त का मुख्य कारण है और यह बच्चों के लिए कभी कभी जानलेवा भी साबित होते हैं उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन प्रत्येक नवजात को उसके जन्म के छठें दसवें और चौदहवें सप्ताह में लगाई जायेंगी नियमित टीकाकरण में शामिल होने से रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को डायरिया से बचाव करेगा

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशांत द्विवेदी ने कहा कि इस वैक्सीन से डायरिया के कारण होने वाली मौतों में कमी आयेगी केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रमु ने अफ्रीकी देशों में थ्यापार की अपार सम्भावनायें बताते हुये कहा है कि देश के उद्यमियों को अफ्रीकी देशों में निर्यात बढ़ाने के उपयों पर गम्मीरता से कार्य करना चाहिए श्री प्रम् ने कल वाराणसी में आयोजित एक समारोह में पांच राज्यों के छः जिलों की विकास दर बढ़ाने की योजना का श्मारम्भ करने के बाद फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन के एक कार्यक्रम में उद्यमियों को यह सलाह दी उन्होंने कहा कि बाईस अफ्रीकी देशों में व्यापार की असीम सम्मावनायें हैं उन देशों की जरूरत के मुताबिक हमारे देश के उद्यमियों को सामान तैयार करना चाहिए और उसे निर्यात करना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत चीन से निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करता है ऐसे में व्यापार संतुलन बनाये रखने के लिये भारत के उद्यमियों को निर्यात के लिये ठोस कदम उठाने होंगे इस तथ्य को ध्यान में रखते हये ही केन्द्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच राज्यों के छः जिलों में विकास दर बढ़ाने की योजना की शुरूआत वाराणसी से की है इसमें वाराणसी के अलावा बिहार का मुजफ्फरपुर हिमाचल प्रदेश का सोलन आन्म्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और महाराष्ट्र का रत्नागिरी और सिंघुद्र्ग जिला शामिल हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल करने से मना किया है बम्बई उच्च न्यायालय के इस वर्ष जून महीने के आदेश के बाद यह परामर्श दिया गया है न्यायालय ने मंत्रालय को इस शब्द का इस्तेमाल रोकने के लिए मीडिया को निर्देश देने को कहा था मंत्रालय ने बताया कि अंग्रेजी में संवैघानिक शब्द शिड्यूल्ड कास्ट का अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद ही किसी आधिकारिक कामकाज प्रमाण पत्रों और अन्य मामलों में प्रयोग किया जायेगा परामर्श में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की पन्द्रह मार्व की विज्ञप्ति का भी हवाला दिया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई थी प्रदेश के कई भागों में बाढ़ की स्थिति गंगीर बनी हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले अड़तालिस घंटों के दौरान तेज वर्षा के कारण राज्य में तैंतीस लोगों की मौत हो गई है जबकि चौबीस अन्य लोग घायल हो गये हैं भारी बारिश की कजह से आठ सौ से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं

इंदेलखंड और प्रदेश के परिवनी भागों में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है जालौन जिले में करही बांव के दरवाजे कल खोल दिए गए जिसके बाद आए पानी से कई निवले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं माताटीला बांच से पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से हमीरपुर जिले में यमना और बेतवा नदियां उफान पर है जिससे कई गांवों में पानी भर गया है उधर बस्ती जिले में सरयू नदी अमी भी खतरे के निशान से पैंतालिस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है बाढ़ और कटान की वजह से नदी के तटवर्ती इलाकों के पचास से ज्यादा गांव प्रमावित हैं